लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से श्रू हो गया है ग्रीन औरेंज और रेड जोन में क्छ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अन्मति दी गई है इन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाई को दूर करना है

इस दल में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिवांग सांसद तापिर गाव और कई विधायक शामिल थे उपम्ख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों से लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली उन्होंने क्वारिटिन स्विधाओं कोविड जांच लॉकडाउन के पालन सहित महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की और इसका कड़ाई से पालन स्निश्चित करने को कहा

म्ख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही

हालांकि उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट निगेटिव रहा तो उन्हें निर्दोश के तहत घर जाने की अनुमति दी जाएगी श्री कमार ने कहा कि सरकार ने असम मे बिना प्रवेश किये निजी वाहनों की अंतर जिला आवाजाही पर प्रतिबंध को कम कर दिया है स्वास्थ्य आपातकाल और आवश्यक वस्त्ओं के ट्रांसपोर्टरों को छोड़कर अंतरराज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी है असम के माध्यम से जिलों में लोगों की आवाजाही को प्लिस टीमों के नेतृत्व में नॉन स्टॉप काफिले के माध्यम से विनियमित किया जाएगा

शिक्षण संस्थानों आतिथ्य सेवाओं बार और सिनेमा हॉल को इस अवधि के दौरान अन्मति नहीं है

ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री ग्तरश ने कहा कि विश्व परस्पर संबंद्व है और जब तक हम सभी स्रक्षित नहीं होंगे तब तक हममें से कोई भी स्रक्षित नहीं है